मुठभेड़ जवान शहीद बीजापुर जिले में बीती रात माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में जिला पुलिस बल के दो जवान शहीद हो गए दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया पुलिस उप महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने बताया कि पामेड़ थाना क्षेत्र के तोंगगुड़ा स्थित शिविर में रहने वाले पुलिस के जवान किसी काम से बाहर निकले हुए थे इसी दौरान घात लगाकर बैठे माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया

इस बीच शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को आज बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सलामी दी गई इनमें से एक जवान जशपुर जिले का निवासी है जबकि एक अन्य जवान बीजापुर जिले के गुमरा गांव का रहने वाला है सलामी देने के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेज दिया गया लोकसभा निर्वाचन लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे मतदान के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं चौथे चरण में महाराष्ट्र की सत्रह राजस्थान और उत्तरप्रदेश की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की आठ मध्यप्रदेश और ओडिशा की छह छह बिहार की पांच और झारखंड की तीन सीटों पर मतदान होगा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत कुलगाम जिले में भी कल ही मतदान होगा बृहस्पत सिंह भर्ती रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया वे आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अमेठी जाने वाले थे बृहस्पत सिंह ने बीती रात सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी फिलहाल डॉक्टरों ने श्री सिंह की हालत को स्थिर और खतरे से बाहर बताया है उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है उधर चुनाव प्रचार के सिलसिले में उत्तरप्रदेश के दौरे पर गए प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत में सुधार होने के संकेत मिले हैं श्री चौबे का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रवीण गोयल ने बताया कि श्री चौबे की किडनी और लीवर में अभी भी संक्रमण का असर बना हुआ है हालांकि उनके बाकी अंग सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं गौरतलब है कि श्री चौबे को कल दिल का दौरा पड़ने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें एंबुलेंस के जरिये पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया श्री चौबे से मिलने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात पीजीआई अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना सहकारी संस्था बोर्ड निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन की ओर से सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पारदर्शी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में रायपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई श्री मिश्रा ने बताया कि पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के पहले चरण के चुनाव के लिए कल उनतीस अप्रैल को रायगढ़ और महासमुंद में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा बाकी जिलों में अगले महीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सी टॉप्स ऐप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान दलों की हर पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सी टॉप्स यानी छत्तीसगढ़ ट्रेकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन काफी कारगर साबित हुआ है उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन की तरह ही इस बार लोकसभा चुनाव के तीनों चरणों में भी इस ऐप का प्रयोग किया गया इससे मतदान दलों की रवानगी से लेकर मतदान स्थल तक पहुंचने मतदान के संबंध में रिपोर्टिंग करने और दलों की वापसी तक की जानकारियां लगातार मिलती रहीं जो इस एप्लीकेशन की सफलता को दर्शाता है श्री साहू ने कहा कि इस एप्लीकेशन की उपयोगिता और सफलता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी सराहना की है उन्होंने कहा कि कुछ पीठासीन अधिकारी सी टॉप्स एप्लीकेशन में जानकारी समय पर फीड नहीं कर पाए उन अधिकारियों को बुलाकर डाटा फीड कराया जा रहा है खदान धंसा मौत जशपुर जिले के बीजाघाट में आज मिट्टी खदान धसकने से उसमें दबकर एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि तीन अन्य ग्रामीण घायल हो गए बताया जाता है कि बगीचा विकासखंड के मुढी में यह हादसा उस वक्त हुआ जब चार मजदूर मिट्टी लाने के लिए खदान गए हुए थे इसी दौरान खदान धसक गई और चारों ग्रामीण उसमें दब गए इनमें से एक ग्रामीण की मौत हो गई वहीं गंभीर रूप से घायल तीन अन्य ग्रामीणों को जशपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रदेश की ग्यारह लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में हुए मतदान पर केंद्रित रहेगा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने के बाद सभी ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों को जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में तीन स्तर के सुरक्षा घेरे में रखा गया है इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू द्वारा दी गई जानकारी का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे मौसम प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण लगभग पूरा प्रदेश लू की चपेट में है दिन चढ़ते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं इस वजह से दोपहर बाद सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों का भी यही हाल है चिल्फी घाटी के कारण कड़ाके की सर्दी के लिए पहचाना जाने वाला कबीरधाम जिला भी इन दिनों गर्मी से बेहाल है

पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहां लगातार तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है

इस मेले में बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों की ऋण संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा

वहीं जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर में ट्रैक्टर से गिरकर एक महिला की मौत हो गई

गोताखोरों की टीम इन छात्रों की तलाश में जुटी हुई है